शिरोमणि अकाली दल के नेता प्रकाश सिंह बादल ने नरेन्द्र मोदी के नाम का प्रस्ताव रखा जिसका समर्थन जनता दल यूनाइटेड के नीतिश कुमार शिवसेना के उद्धव ठाकरे लोक जनशक्ति पार्टी के रामविलास पासवान तथा ऑल इंडिया अन्ना डीएमके नेता ई के पलनीसामी ने अनुमोदन किया प्रस्ताव का समर्थन करने वाले एनडीए के दूसरे नेताओं में नेशनलिस्ट डेमोकेट्रिक प्रोग्रेसिव पार्टी के नेफ्यू रियो तथा अन्य शामिल रहे इससे पहले नरेंद्र मोदी को सर्वसम्मति से भाजपा संसदीय दल का नेता चुना गया भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने नरेंद्र मोदी के नाम का प्रस्ताव रखा जिसका समर्थन राजनाथ सिंह ने किया अमित शाह ने बताया कि लोकसभा के तीन सौ तिरपन सदस्यों ने नरेंद्र मोदी का समर्थन किया है संसद के केंद्रीय कक्ष में एनडीए के नेताओं को संबोधित करते हए नरेंद्र मोदी ने संसदीय दल और एनडीए का नेता चुने जाने पर आभार प्रकट किया नरेन्द्र मोदी ने कहा कि जनता ने भाजपा के कार्यों को देखकर इस सरकार को स्वीकार किया है उन्होंने कहा कि राष्ट्र कड़ी मेहनत और ईमानदारी को पुरस्कृत करता है और यह इस देश की ताकत है नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारी जनादेश जिम्मेदारी बढ़ा देता है एनडीए एक नई यात्रा पर निकला है उन्होंने कहा कि एनर्जी और सिनेर्जी एनडीए की दो मुख्य विशेषताएं हैं तथा इसमें शामिल सभी पार्टियों को कंधे से कंधा मिलाकर चलना होगा श्री मोदी ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि स्वतंत्र भारत में यह पहला अवसर है जब इतनी बड़ी संख्या में महिला संसद चुनकर आई हैं और यह महिला सशक्तीकरण से ही संभव हुआ है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अपने मतदाताओं का आभार प्रकट करने के लिये कल वाराणसी आ रहे हैं अपनी एक दिवसीय संक्षिप्त यात्रा के दौरान विष्वनाथ मंदिर में जाकर बाबा विष्वनाथ का दर्षन पूजन करेंगे और उसके बाद एक जनसभा को सम्बोधित करेंगे एक ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा है कि वह सोमवार को काषी में रहेंगे और अपने मतदाताओं के प्रति आभार व्यक्त करेंगे प्रदेष के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि संसदीय चुनाव में भाजपा की षानदार विजय के लिये प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के प्रभावी नेतृत्व और अमित षाह के सांगठनिक कौषल को पूरा श्रेय दिया जाना चाहिये श्री योगी ने लखनऊ में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि प्रदेष के मतदाताओं ने जाति आधारित अंकगणित वाले गठबंधन की नकारात्मक राजनीति को पूरी तरह अस्वीकार कर दिया है उन्होंने कहा कि एनडीए की जीत का आधार सकारात्मक राजनीति विकास सुषासन और राश्ट्रवाद रहा

कांग्रेस कार्य समिति ने हाल के लोकसभा चुनाव में पार्टी की करारी हार के बाद कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने की पेशकश को नामंजूर कर दिया है कल नई दिल्ली में कार्य समिति की बैठक के बाद पार्टी प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने बताया कि राहुल गांधी ने त्याग पत्र देने की पेशकश की थी लेकिन कार्य समिति ने सर्वसम्मति से उसे अस्वीकार कर दिया कार्य समिति ने राहुल गांधी से सैद्वांतिक लड़ाई लड़ने और देश के युवाओं तथा किसानों के हितों की रक्षा करने के लिए पार्टी का नेतृत्व और मार्गदर्शन जारी रखने का अनुरोध किया एक प्रस्ताव में कार्य समिति ने देश की जनता के जनादेश को स्वीकार किया और कहा कि कांग्रेस रचनात्मक विपक्ष की भूमिका निभाने के लिए प्रतिबद्ध है हज कमेटी ऑफ इंडिया ने हज दो हज़ार उन्नीस के लिये प्रदेष के लखनऊ वाराणसी और दिल्ली उड़ान स्थलों से जाने वाले हज यात्रियों की उड़ानों का कार्यक्रम जारी कर दिया है राज्य हज समिति के सचिव विनीत कुमार श्रीवास्तव ने लखनऊ में बताया कि पष्चिमी उत्तर प्रदेष के आज़मीन ए हज दिल्ली से रवाना होंगे जिनकी पहली फ्लाईट चार जुलाई से षुरू होगी और अट्ठारह जुलाई तक जारी रहेगी इसी तरह मध्य उत्तर प्रदेष के हज यात्री लखनऊ उड़ान स्थल से रवाना होंगे इनकी उड़ान बीस जुलाई से षुरू होकर पांच अगस्त को खत्म होगी जबकि पूर्वी उत्तर प्रदेष के हज यात्री वाराणसी उड़ान स्थल से रवाना होंगे इनकी उड़ान उन्तीस जुलाई से षुरू होकर चार अगस्त तक जारी रहेगी प्रदेष के सभी जिले इस समय लू के चपेट में हैं तेज गर्म हवाओं के बीच तापमान के बढ़ने से लोगों का जन जीवन अस्त व्यस्त हो गया है पूर्वी उत्तर प्रदेष सहित प्रदेष के अधिकतर जिलों में अधिकतम तापमान चालिस से पैंतालिस डिग्री सेल्सियस के बीच रिकार्ड किया जा रहा है मौसम विभाग के अनुसार फिलहाल आने वाले दिनों में गर्मी से राहत मिलने के आसार नही है